चार सीटों पर आज एक भी नामांकन नहीं भरा गया आज नामांकन पत्र भरने वालों में करौली धौलपुर से भाजपा के मनोज राजौरिया और सीकर से कांग्रेस के सुभाष महरिया प्रमुख हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने लोगों से झूठा वादा करते हुए सत्ता हासिल कर ली

आज गंगानगर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना देश के लिए फायदेमंद साबित होगी बाद में सीकर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति मिलकर काम करने की है

जयपुर जिले के बोराज गांव में चौपाल आयोजित कर महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया

टोंक जिले में आज प्रत्येक पोलिंग बूथ पर दो कर्मचारी तैनात किए गए जो लोगों को मतदान प्रक्रिया और मतदान सूची के बारे में जानकारी दे रहे हैं चित्तौडगढ़ में पत्थरों से सजावट कर मतदान का संदेश दिया गया सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास खंडार और गंगापुरसिटी की सभी ग्राम पंचायतों में मेरा वोट मेरा हक विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गयी

रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रेर विश्व में प्रसिद्ध सवाईमाधोपुर जिले में स्वीप शुभंकर शेरू के माध्यम से वोट अपील की जा रही है

कोटा जिले के ही सांगोद कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया चूरू में स्वीप के तहत स्कूलों में रंगोली सजाई गई

हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान का दिन पास आने के साथ ही क्षेत्र में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश दिया

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश यह याचिका फिल्म के निर्माताओं की ओर से दायर की गई है निर्वाचन आयोग ने यह फिल्म चुनावों के दौरान दिखाए जाने पर बुधवार को यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि ऐसी कोई फिल्म इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर नहीं दिखाई जानी चाहिए जिससे किसी राजनीतिक दल या उससे जुडे व्यक्ति को लाभ पहुंच सके

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज रायली गांव के पास एक पिकअप और ट्रक की टक्कर में पिकअप में सवार चार लोगों की मौत हो गई

पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पिकअप में सवार रायली गांव के ये लोग तीये की बैठक से वापस गांव लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ

घायलों को चौमू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है

एक गंभीर घायल को जिला चिकित्सालय से उदयपुर रैफर किया गया है

करौली जिले का प्रसिद्ध कैला देवी का मेला परवान पर है देश के कोने कोने से श्रद्वाल यहां माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं